राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इस बार के कार्यक्रम का विषय कोई मतदाता न छूटे रहेगा

स्वाईन पलू से कल तीन औश्र लोगों की मृत्यु हो गई जिनमें से दो मरीज बीकानेर और एक चुरू से है

इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मानव अधिकार आयोग ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है

राष्ट्रपति का भाषण पहले हिन्दी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा दूरदर्शन पर भाषण के हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसे क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित किया जायेगा

आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इस अवसर पर राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के ओटीएस सभागार में आयोजित किया जा रहा है

इस अवसर पर प्रतिभागियों को मतदान के प्रति जागरुकता की शपथ दिलाई जाएगी साथ ही नये मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किये जायेंगे

मतदाता दिवस के अवसर पर झुन्झुनूं जिले में दो दिन की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है वहीं भरतपुर में भी कल मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी श्रू हुई

इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने बताया कि रॉकेट ने माइकोसेट आर उपग्रह को सटिक तरीके से अंतरिक्ष के निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने ऐसे विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिये राज्यों को परमर्श जारी किया है जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने इस सलाह का अनुपालन भी शुरू कर दिया है वर्तमान में करीब चार लाख कैदी जेलों में सजा काट रहे है जिनमें से आधे कैदियों के मामले विचाराधीन है श्री सिंह ने कल लखनऊ में ऐक कार्यक्रम में कहा कि केन्द्र ने ऐसे करीब डेढ हजार कानूनों को खत्म कर दिया है जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है

यह मन की बात कार्यक्रम की इस साल की पहली कड़ी है

अपने आश्रम की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीडन के मामले में जीवनपर्यत सजा काट रहे आसाराम की पैरोल याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कल याचिका खारिज करते हुए बताया कि सजा के चौथाई भाग की सजा काटने पर ही पैराल दी जा सकती है लेकिन आसाराम के मामले में जीवनपर्यंत सजा के कारण इसका निर्धारण संभव नहीं है प्रदेश की आठवी दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा कल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि इन छात्राओं को नकद और प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे ये पुरस्कार कला विज्ञान और वाणिज्य में अलग अलग दिये जायेंगे श्री डोटासरा ने इस अवसर पर आपकी बेटी योजना के तहत छात्राओं को मिलने वाली राशि में एक हजार रूपये की बढ़ोतरी की भी घोषणा की राजसमंद के कांकरोली में राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने भ्रण लिंग परीक्षण में धोखाखड़ी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक डॉ समित शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिये जाल बिछाया गया था रेलवे कल से इन्दौर से बीकानेर के लिये अत्याधुनिक सुविधाओं वाले साप्ताहिक महामना एक्सप्रेस चलायेगी उत्तर पश्चिम रेलवे की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह रेलगाडी हर शनिवार को चलाई जायेगी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है कल से जयपुर के डिग्गी पैलेस में इस पांच दिन तक चलने वाले फेस्टिवल की शुरूआत हुई

फेस्टिवल में आज दूसरे दिन प्रसिद्ध गायिका ऊषा उत्थ्यप के कार्यक्रम से सत्रों की शुरूआत होगी वहीं दिनभर में अलग अलग सत्रों में लोगों को जावेद अख्तर शशि थरूर राजदीप सरदेसाई डॉक्टर नरेश त्रेहान सहित अनेक हस्तियों के विचार सुनने को मिलेंगे प्रदेशभर में कल मौसम में अचानक आये बदलाव से प्रदेश के कई ईलाकों में बारिश के साथ ओले पडने के समाचार है बूंदी जिले में आसमान से बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई सवाईमाधोपुर में अनेक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ ओले पड़े वहीं दौसा और धौलपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई सीकर में भी ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहचा है भरतप्र से हमारे संवाददाता ने बताया कि बीती रात तेज गर्जना के साथ करीब डेढ घंटे तक झमाझम बारिश हुई वहीं जिले के बयाना और रूदावल में चने के आकार के ओले भी गिरे करौली में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार है चूरू में भी कल हुई बारिश के बाद आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है राजधानी जयपुर में भी कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई

कल प्रलिस ने सिरोही के पास मावल चौकी पर दूध के टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब की खेप बरामद की

कार्रवाई के दौरान चालक फरार हो गया है